आकाशवाणी से मन की बात कार्यकम में श्री मोदी ने संकट के दौरान जन सुरक्षा के लिए पूर्व सक्रियता और तैयारी पर जोर दिया

हरियाणा के कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रदेश के किसानों को गन्ने का सर्वाधिक मूल्य दिया जा रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आरटिफिशियल इंटेलीजैंस यानी यांत्रिक बुद्धि जैसी तकनीकों का उपयोग गरीबों वंचितों और जरूरतमंदों के जीवन में सुधर के लिए किया जा सकता है आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हाल ही में मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों को कहा था कि यांत्रिक बुद्धि को दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को सुखद बनाने के लिए कैसे प्रयोग किया जा सकता है ताी यह प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी व सेहत सेवाओं में सुधार के लिए किस प्रकार बेहतर हो सकती है

प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उद्यमियों व महिलीओं से अपील की कि वे गोबर धन की पहल के लिए स्व्यं सहायता समृह बनाएं जो ग्रीमण जनसंख्या के लिए आमदनी का साधन बनेगी

इस अवसर पर अंबाला लोकसभा से सांसद रतन लाल कटारिया पंचकूला से विधायक ज्ञान चंद गुप्ता और कालका की विधायक लतिका शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने उत्तरी भारत के पहले बहुउद्देशीय खेल भवन का उदघाटन किया

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह भवन आधुनिक खेल सुविधाओं से युक्त है

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर बोलते हुए कहा कि योजना केंद्र सरकार की तरफ से शुरू हुई थी और केंद्र की भागीदारी से योजना चलती है मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कुछ समस्याएं जायज है और उनके हित के लिए संभव होगा वह किया जाएगा

एसवाईएल पर बोलते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है और इसको बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट कभी भी फैसला दे सकता है और इसके लिए कोई बड़े आंदोलन की आवश्यकता नहीं है भारतीय सिनेमा जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदी का देहांत हो गया है वे चौवन वर्ष की थी चार दशक से अधिक लंबे फिल्मी करियर के दौरान श्रीदेवी ने अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाईं वे एक पारिवारिक समारोह के लिए दबई गई थी जहां कल रात दिल का दौरा पडे से श्रीदेवी की मृत्यु हो गई बचपन में श्री अम्मा अयंगर अयप्पन के नाम से जानी जाने वाली श्रीदेवी ने हिन्दी फिल्मों में प्रवेश करने से पहले तमिल तेलगूमलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीदेवी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि फिल्म जगत की इस सशक्त अभिनेत्री ने अलग अलग तरह की यादगार भूमिकाए निभाई सुचना और प्रसारण मंत्री स्मृति इरानी ने भी श्रीदेवी के निधन पर शोक व्यक्त किया है दिवंगत अभिनेत्री का पार्थिव शरीर आज राज द्बई से मुंबई लाया जा रहा है

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भाजपा सरकार किसाने हितैषी सरकार है मनोहर लाल सरकार ने प्राकृतिक आपदा के दौश्रान किसानों की बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा किसानों को दिया

परिवहन आवास और जेल विभाग मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि भाजपा सरकार में सभी वर्गो के हितों को ध्यान में रख कर कार्य करने वाली सरकार है बिना किसी भेदभाव के हर जिले में विकास कार्य किए जा रहे हैं

यह जानकारी आज वित्त मंत्री ने सोनीपत के भगत फूलसिंह महिला कॉलेज में दी राज्यसभा चुनावों के संबंध में उन्होंने कहा कि इन चुनावों के बाद राज्यसभा में भी स्थिति बदलेगी

हरियाणा सरकार द्वारा कल यमुनानगर में एक राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगजनों और बुजुर्गो को सम्मानित किया जाएगा इस अवसर पर उनके कल्याण के लिए काम करने वाले सर्वोत्तम संस्थान को भी सम्मानित किया जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एक प्रवक्ता ने चण्डीगढ में बताया कि इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कमार बेदी मुख्य अतिथि होंगे